फिट इण्डिया फिट इंडिया आंदोलन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस का डोज आधा घण्टा रोज का मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने फिटनेस को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बताया प्रधानमंत्री ने किकेटर विराट कोहली अभिनेता मिलिन्द सोमण और खानपान विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर सहित कई जाने माने लोगों से बातचीत कर फिटनेस को लेकर उनके अनुभव जाने

इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे

सीबीएसई की ओर से ये जानकारी आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान दी

नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाली संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

होशंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संकमण को देखते हुए अब शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है

श्री चौहान आज भोपाल के मिंटो हाल में ग्रामीण क्षेत्रों के लघू व्यावसायियों को ऋण वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे